कांग्रेस नेता राहल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने आरोप लगाया कि देश मे अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है

बीजेपी नेता हेमा मालिनी मनोज तिवारी और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ विकास करवाने का दावा किया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज हरियाणा के गोहाना और हिसार में दो च्नावी रैलियों को सम्बोधित किया

प्रधानमंत्री ने कहा कि सोनीपत का मतलब किसान जवान और पहलवान है और कांग्रेस के शासन में न जवान और न किसान ख्श थे उन्होंने कहा कि लोकतंत्र मे जनता ही सर्वोपरि है और जनता ने कांग्रेस के अंहकार को खत्म किया है उन्होंने कहा कि मोदी का विरोध तो जायज़ है लेकिन देश का विरोध नहीं होना चाहिए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने सशक्त हिन्दोस्तान बनाने का निर्णय लिया है और उसी दिशा मे काम किया जा रहा है खिलाडियों के बारे बोलते हये उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खिलाडियों को राजनीति में भागीदार बना रही है उन्होंने हरियाणा सरकार की उपलब्धियों से गिनाते हये कहा कि प्रदेश में पर्ची और खर्ची की संस्कृति खत्म हो गई है कि युवाओं को बिना सिफारिश नौकरी मिल रही है बाद में हिसार में रैली को सम्बोधित करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि हरियाणा के साथ उनका सम्बध है हरियाणा के लोगों ने उनका लालन पालन किया और स्नेह दिया लोगों के साथ सम्पर्क स्थापित करते हये प्रधानमंत्री कहा कि वे उनसे एक बार फिर उनकी झोली भरने की अपील करने आये है और इस बार सभी रिकॉर्ड दूट जायेंगे प्रधानंमंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हये कहा कि थके हारे लोग हरियाणा की नैया पार नहीं लगा सकते प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने विकास का बहत सारा काम किया है उन्होंने आय्ष्मान भारत योजा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जिक्र करते हये कहा कि कई केन्द्रीय योजनायें हरियाणा की धरती से शुरू हई जो सफल रही उन्होंने कहा कि पहले लोग वोट बैंक की राजनीति करते रहे लेकिन उनकी सरकार लोगों के सपना को साकार में जी जान से लगी है पाकिस्तान जाने वाले पानी का जिक्र करते हये प्रधानमंत्री ने कहा कि इसे रोक कर हरियाणा के किसानों को दिश जायेगा और इसके लिए परियोजना पर काम श्रू हो गया है प्रधानमंत्री ने किसानों और व्यापारियों के हित में शुरू की गई योजनाओं का जिक्र दिया और कहा कि उनकी सरकार ने पांच महीने मे ही अपने कई वायदे पूरे कर दिये है प्रधानमंत्री ने कहा कि हिन्द्रस्तान की जनता बीजेपी के संकल्प पर इसलिए भरोसा करती है क्योंकि बीजेपी जो वायदा करती है उसको पूरा करने में जी जान से लग जातीहै रैली में कैप्टन अभिमन्यू के अतिरिक्त अन्य नेता भी मौजूद रहे

देश में हर तरीके से मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है वह आज विधानसभा क्षेत्र महेन्द्रगढ़ में कांग्रेस प्रत्याशी दान सिंह राव के पक्ष में चूनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को सम्बोधित कर रहे है उनहोंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी खूद को किसान हितैषी बता रही है जबकि किसानों के सबसे ज्यादा कर्जकांग्रेस ने माफ किये है कांग्रेस नेता ने कहा कि देश मे बेरोज़गारी बढ़ रही है उन्होंने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार अरबपतियों के लिए काम कर रही है जबकि अब जनता का ब्रा हाल है नोटबंदी का जिक्र करते हये उन्होंने कहा कि नोटबंदी के दिनों में सबसे ज्यादा परेशानी आम जनता ने झेली है उन्होंने मतदाताओं से कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए वोट देने की अपील भी की

श्री तिवारी आज चंडीगढ़ में हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर एक पत्रकार वार्ता को सम्बोधित कर रहे थे

कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि बैंकों की स्थिति खराब है और बैंको में रखा पैसा सुरक्षित नही है उन्होंने देश में बेरोज़गारी की दर बढ़ने का भी आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी का निशाने पर लेते हये उन्होंने कहा कि साम्प्रदायिक अस्थिरता और आर्थिक विकास साथ साथ नहीं चल सकते उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि समाज के तोड़ने और बांटने की कोशिश की जा रही है उन्होंने यह भी कहा कि जीएसटी ने व्यापारिक क्षेत्र का तहस नहस कर दिया है और निवेशकों का पैसा देश से बाहर जा रहा है जीएसटी बारे पूछे एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की जीएसटी में फर्क है

उन्होंने पूर्व वितमंत्री पी चिदम्बरम को फर्जी मामले में फसाने को आरोप भी लगाया राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर पर उन्होंने कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि जो लोग अपनी राष्ट्रीयता साबित नहीं कर पायेंगे उनके बारे सरकार ने कोई रणनीति बनाई है हालांकि उन्होंने माना कि समय समय पर भारत के कई राज्यों मे विदेशी से आर्थिक पलायन हआ है और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर का काम सर्वोच्च न्यायालय के कहन पर किया जा रहा है उन्होंने प्रधानमंत्री के भगत सिंह से जुड़े कस्बे खटकड़ कलां में ने जाने का सवाल भी उठाया और शहीद भगत सिंह राजगुरू और सुखदेव को औपचारिक तौर पर शहीदे आज़म का दर्जा ने देने का सवाल भी उठाया

स्प्रसिद्व अभिनेत्री व मथ्रा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सांसद हेमा मालिनी ने कहा है कि भाजपा ने हरियाणा मे रिर्कार्ड तोड़ विकास कार्य करवाये है देश के प्रधानमंत्री खुद चुनाव प्रचारा में जुटे हये है वे आज होडल विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी जगदीश नायर के लिए चूनाव प्रचार के दौरान एक जनसभा को सम्बोधित कर रही थी उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार ने युवाओं किसानों और गरीबों के लिए कई तरह की सफल योजनायें चलाई है जिसकी अंदाजा हरियाणा प्रदेश के विकास और लोगों को मिल रही सुविधाओ को देखकर लगाया जा सकता है उन्होंने कहा कि होडल के विकास में भी कोई कसर नहीं छोड़ी जायेगी फिल्म अभिनेता एवं भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने आज करनाल युमुनानगर व जगाधरी मे जन रैलियों को सम्बोधित किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील की करनाल मे उनहोंने म्ख्मयंत्री मनोहर लाल की उनके द्वारा करवाये गये विकास कार्यो के लिए सराहना की यमूनानगर व जगाधरी में उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा लिये गये फैसलों की देशभर में सराहना हो रही है और देश में लोग हरियाणा की बिना पर्ची व खर्ची की मिसाल पेश कर रहे है

मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज मुलाना विधानसभा क्षेत्र में साहा के नजदीक बीजेपी प्रत्याशी राजबीर सिंह के पक्ष में एक चुनावी रैली को सम्बोधित किया और लोगों से उन्हे भारी मतों से विजयी कराने की अपील की मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में सभी क्षेत्रों में एक समान विकास करवाया है

आज अम्बाला जिले में विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र पुलिस अधीषक अभिषेक ज़ोरवाल के नेतृत्व में अम्बाला शहर व आस पास के कस्बो में त्रिपुरा पुलिस अम्बाला पुलिस और आई आर बी के जवानों ने फैलग माग किया